भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि महा चक्रवात उम्पुन के सुन्दरबन के निकट पश्चिम बंगाल के दीघा और बांगलादेश के हटिया द्वीपों को आज दोपहर बाद पार करने की संभावना है

महा चक्रवात का असर दिखने लगा है और पशिचम बंगाल और ओड़िशा के तटीय इलाकों में तेज बारिश शुरू हो चुकी है

श्री प्रधान ने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें जिला और स्थानीय प्रशासन के साथ पूरे तालमेल के साथ कार्य कर रही हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है श्री प्रधान ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और ओडिसा के मुख्यमंत्रियों के साथ स्थिति की समीक्षा की है

उन्होंने कहा कि चक्रवात से पश्चिम बंगाल के दक्षिणी और उत्तरी चौबीस परगना हावड़ा हुगली और कोलकाता जिलों में नुकसान की आशंका है

महाचकवात उम्पुन का असर झारखंड के कई इलाकों पर भी पड़ेगा आज सुबह से राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में बादल छाये हुये हैं और बारिश भी हो रही है वहीं पश्चिमी सिंहभूम में कल शाम से ही तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है उपायुक्त अरवा राजकमल ने चक्रवाती तूफान उम्पुन को लेकर सभी विभागों को अलर्ट किया है जिले के तीनों अनुमंडल पदाधिकारी इंसीडेंट कमांडर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में शेल्टर होम के लिए भवन का चयन करने का निर्देश दिया गया है उधर पश्चिम बंगाल से सटे होने के कारण उपराजधानी दुमका में सुपर साइक्लोन उम्पुन का असर दिखने लगा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयुष्मान भारत से जुड़े चिकित्सकों नर्सों स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों और अन्य लोगों की सराहना की है अपने ट्वीट संदेश में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सभी के प्रयासों से आयुष्मान भारत आज विश्व में सबसे बड़ा स्वास्थ देखभाल कार्यक्रम बन गया है श्री मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम ने अनेक भारतीयों विशेष रूप से निर्धन और दलित वगोँ का विश्वास जीता है उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय के लिए यह गर्व की बात है कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या दो वर्ष से भी कम समय में एक करोड़ को पार कर गई है प्रधानमंत्री ने सभी लाभार्थियों और उनके परिजनों को बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत का सबसे बड़ा लाभ इसका सहज सुलम होना है उन्होंने कहा कि इसके लामार्थी देश के सभी भागों में उपचार की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं भले ही उनका पंजीकरण किसी भी जगह हुआ हो

अब तक बयालीस हजार दो सौ अड्डानवे रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं

इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल राजधानी रांची में हरी झंडी दिखाकर मेडिसिन वैन को रवाना किया उपराजधानी दुमका में छप्पन दिनों के बाद आज से दुकाने खुलनी शुरू हो गई

राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ एके वार्ष्णेय परिचर्चा में भाग लेंगे श्रोता स्टूडियो में सीघे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं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

लॉकडाउन के कारण लगभग एक महीना से अधिक समय के बाद आज कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है यह जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विमाग ने दी है गिरिडीह जिला प्रशासन की ओर से लॉकडाउन अवधि में भी किसानों से खरीदे गए धान का भुगतान किया जा रहा है

इस राशि को भी किसानों के खाते में एक दो दिनों में हस्तांतरित कर दिया जाएगा रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेलवे अगले महीने की पहली तारीख से हर रोज दो सौ गैर वातानुकुलित रेलगाड़ियां चलाएगा उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग जल्द शुरू की जाएगी प्रवासी मजदूरों के श्रमिक स्पेशल ट्रेन से झारखंड लौटने का सिलसिल जारी है